स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कल लोअर स्बनसिरी जिले के जीरो में जोनल अस्पताल के नए भवन के शिलान्यास और ऑल वीमेन प्लिस स्टेशन के उद्घाटन के दौरान श्री खांड् ने कहा कि कोरोना जांच के लिए सरकार का फोकस आर टी पी सी आर और हूनेट टेस्ट बढ़ाने पर है कोविड की दूसरी लहर को लेकर राज्य की तैयारियों पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अन्सार पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है उन्होंने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और जल्द टीकाकरण कराने की अपील की है म्ख्यमंत्री ने अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों उपकरणो और ब्नियादी स्विधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया श्री खांडू ने कहा कि जिला अस्पताल में वर्तमान में सौ बेड है जिसे बढ़ाकर दो सौ किया जायेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए प्लिस बल के आध्निकिकरण पर जोर दे रही है

इससे पहले राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने गत तेरह अप्रैल को कोविड का पहला टीका लगवाया राजभवन में लोकसभा सांसद तापिर गाव ने राज्यपाल से म्लाकात की और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किये जा रहे उपायों पर चर्चा की राज्यपाल ने श्री गाव से अरुणाचल प्रदेश के लिए पर्याप्त संख्या में कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में सहयोग आग्रह किया ताकि सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा सके राज्यपाल ने अपने एक वीडियों संदेश में प्रदेश के लोगों से कोविड महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हाथो के अलावा अपने आस पास नियमित अंतराल पर सेनिटाइज करने और सार्वजनिक स्थलों पर न थ्कने की अपील की है

इस द्र्घटना में घर में रखे सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए है हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हआ

तीन दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हए राज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार उभरते हए कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है इस अवसर पर अरुणाचल अकेडेमी ऑफ फाईन आर्ट्स ने शिक्षा मंत्री को अपनी मांगो को लेकर जापन सौंपा जिसमें प्रदेश के विद्यालयों में आर्ट टीचर के नियमित पदो का सूजन करने और उनकी भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित करने के अलावा ए ए एफ ए को राज्य के कला और संस्कृति विभाग से मान्यता देने का अन्रोध किया है

राजधानी क्षेत्र के निरजूली में आयोजित लोंग्ते उत्सव समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर जनजातीय टोलियों द्वारा लोंग्ते नृत्य प्रस्तुत किया गया राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने राज्य के लोगों को लोग्ते और रंगाली बिह की श्भकामनाएं दी

इस अवसर पर श्री नातंग ने कहा कि जैविक संतुलन को बनाए रखने और भावी पीढ़ी भी पश पक्षियों को देख सके इसे ध्यान में रखते हए अरुणाचल एयरगन सेरेंडर अभियान चलाया जा रहा है अपने संबोधन में श्री त्की ने स्थानीय लोगों से वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण की अपील करते हए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं को प्रारदर्शिता के साथ लागू करने पर जोर दिया जा रहा है

इधर राज्य में बूधवार को कोविड के दस नए मामले सामने आए जिसमें ईटानगर क्षेत्र से छह लोअर दिवांग वैली और ईस्ट सियांग जिले से दो दो मामले शामिल है कल राज्य में कोविड का एक रोगी स्वस्थ हआ और कोविड के क्ल चौसठ सक्रिय मामले है